उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किफायती और टिकाऊ बैटरियों की आवश्यतकता है नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वस्तरीय उत्पाद विकसित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलाजुला उपयोग करना चाहिए

प्रधानमंत्री ने वर्च्रअल लैब विकसित करने के महत्व पर बल दिया ताकि विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा सके वैज्ञानिकों से भारत की आकांक्षी जरूरतों के लिए काम करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को कृषि उत्पादों तथा जल संरक्षण पर ध्यान देते हुए कुपोषण जैसे वर्तमान सामाजिक मुद्दों पर काम करना चाहिए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने परिषद के कार्यों की सराहना की और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के सूझाव दिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे है अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री तीस से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे इनमें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में चार सौ तीस बिस्तर वाला सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और चौहत्तर बिस्तर वाला मनोरोगी अस्पताल शामिल हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी तिरसठ फूट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे यह देश में दीन दयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा है श्री मोदी वीडियो लिंक के जरिए आईआरसीटीसी की महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन को भी रवाना करेंगे यह रेलगाड़ी तीन ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों वाराणसी उज्जैन और ओमकारेश्वर को जोड़ेगी प्रधानमंत्री दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्तर प्रदेश डिजायन संस्थान के भव्य सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प कार्यक्रम काशी एक रूप अनेक का भी उदघाटन करेंगे

इस आयोजन में प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जायेगी प्रधानमंत्री वाराणसी में कल श्री जगतगुरू विश्वाराध्य गुरूकुल के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री वीर शैवम शैव सम्प्रदाय की श्री सिद्धांत शिखा मणि प्रस्तक का भी लोकार्पण करेंगे बाइट वीर शैवम शैव संप्रदाय की एक शाखा है श्री सिद्धांत शिखामणि पुस्तक इस संप्रदाय की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है जिसमें जगदगुरू रेणुकाचार्य भगवद पद की शिक्षाओं का संकलन है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम विकास अधिकारी पद पर नियुक्ति में नियमों की अवहेलना करने वाले बदायूं शाहजहांपुर सिद्धार्थनगर बलरामपर लखीमपुर खीरी और कासगंज के तत्कालीन जिला विकास अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है इन जिला विकास अधिकारियों ने ग्राम विकास अधिकारी पद पर तैनाती के लिए पन्द्रह भूतपूर्व सैनिकों की संस्तुति में उनके आवेदन पत्रों का परीक्षण नही किया था प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होने बताया कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को कृषि से संबंधित सुविधायें दी जा रही हैं वह कल लखनऊ में इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान में आयोजित यूपी कोऑपरेटिव यूनियन की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को और सशक्त तथा समृद्धिशाली बनाने के उददेश्य से सरकार ने कई कदम उठाये हैं इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है उन्होंने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों का परिणाम है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में एक मन्दिर के लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बीमारी को जड़ से समाप्त करने को लिए जरूरी है कि हम रोग के कारणों को जानने का प्रयास करें और उसके उपचार के लिए उचित प्रयास करें उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि किंग जाज मेडिकल विश्वविद्यालय अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में एक रूद्राक्ष का पौधा भी लगाया इस दौरान कार्यकम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कई वरिष्ठ डॉक्टरों समेत अन्य विशिष्ट लोग भी मौजूद थे मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर बीमारियों से ग्रसित विभिन्न जनपदों के एक सौ नवासी लोगों को तोन करोड़ बीस लाख इकतालीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गई है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें तनाव में नहीं आने को कहा है

बाइट एग्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए डरना ही नहीं चाहिए खुद को कसके रहना चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे दूसरी बार करेंगे ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए जिंदगी जीने का यहीं उत्तम मार्ग है नया नया सीखना नया नया जानना नया नया पहचानना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे बिना किसी दबाव के एकाग्र होकर मन लगाकर परीक्षा दें उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं है और इसका परिणाम सदैव सुखद होता है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष इंतजाम किये गये हैं इस साल यूवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने ऐसे छात्र जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं के लिए परीक्षा की तिथि का पुनर्निर्धारण जैसी अन्य सुविधायें भी घोषित की हैं गत् वर्ष शहीद हुए सशस्त्रबलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों के भी परीक्षा केंद्र और तिथि में परिवर्तन हेतु प्रावधान बनाये गये हैं इस साल सीबीएसई के एडमिट कार्ड में क्यू आर कोड भी देखा जा सकता है इसी के साथ परीक्षा लैब और परीक्षार्थियों की फोटो टैगिंग के लिए एकीक्र त पोर्टल का भी उपयोग किया जा रहा है मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा सेकेन्डरी सीनियर सकेन्डरी कामिल तथा फाजिल की परीक्षाओं को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए सचल दल और आन्तरिक निरीक्षक दस्ते गठित किये जायेंगे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग क प्रमुख सचिव ने यह जानकारी देत हुए बताया कि निरीक्षक दस्ते परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण करके परीक्षा संचालन में आने वाली समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करेंगे उन्होंने बताया कि संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जायेगी पिछल तीन वर्षो से चल रहे लखीमपुर मैलानी रेल खंड के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होने पर लखीमपुर खीरी जनपद के मैलानी रेलवे जंक्शन पर आमान परिवर्तित खंड का उदघाटन स्थानीय सांसद अजय मिश्र टेनी ने किया इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आमजना को सस्ती से सस्ती यात्रा सलभ कराने के लिए तत्पर है इसी का नतीजा है कि आज आजादी के पहले से चल रही छोटी रेल लाइन को अब बड़ी लाइन में बदला गया है इससे क्षेत्र के लोगों का तेजी से विकास होगा कृशीनगर जनपद में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे तीन प्रधानाध्यापक और एक सहायक अध्यापक को बर्खास्त कर दिया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार ने बताया कि इन शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं जांच में शिकायतें सही पाये जाने पर शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है

पीलीभीत ज़िले के पूरनपुर क्षेत्र में आज सुबह एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गयी जिससे कार में सवार तीन लोगों को मौके पर ही मौत हो गयी वहीं अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में धनौरा मार्ग पर कल देर रात एक मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी उधर बलरामपूर जिले के उतरौला मार्ग पर बरौलिया गांव के निकट कल एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गयी जिससे जीप में सवार एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गयी और एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं